ऐसे में चूनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोलन के ठोडो मैदान में विजय संकल्प रैली में जनसभा को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी इस मौके मौजूद रहेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर नूरपुर जबकि मंडी से रामस्वरूप शर्मा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे प्रचार कांग्रेस इसी तरह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज रोहड् विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे मंडी से पार्टी उम्मीदवार आश्रय शर्मा किन्नौर जिले के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे जबकि हमीरपुर से रामलाल ठाकुर नादौन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे

पार्टी के प्रदेश महासचिव रजनीश किम्टा ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से प्रियंका गांधी ठियोग में होने वाली रैली में भाग नहीं लेंगी उन्होंने बताया कि ठियोग में कांग्रेस नेता राजबब्बर आनंद शर्मा प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर रैली को संबोधित करेंगे आग राजधानी शिमला के ऐतिहासिक ग्रैंड होटल में बीती रात आग लगने से इसका मुख्य हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया शिमला के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया है कि अग्निकांड की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है होटल लकड़ी का बना होने के कारण आग तेजी से फैली और अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया ईवीएम लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की कमिशनिंग का काम पूरा हो गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है राहुल इलू इलू करते रहें मोदी आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे पंजाब केसरी के शब्द हैं मोदी सरकार में आतंकियों के साथ इलू इलू नहीं होगा दिव्य हिमाचल लिखता है चंबा बिलासपुर और नाहन में भाजपा अध्यक्ष शाह की ताबड़तोड़ रैलियां चारों सीटें जीतने का दावा

जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है अनुराग को फिर दिल्ली भेजो बड़ा नेता बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी सुरक्षा कारणों से प्रियंका गांधी की ठियोग रैली रद्द कल मंडी आएंगी शीर्षक से अमर उजाला ने खबर दी है सुंदरनगर में होगी प्रियंका की हिमाचल में पहली रैली दैनिक भास्कर के अनुसार ठियोग में कांग्रेस की रैली में अब राजबब्बर करेंगे शिरकत अजीत समाचार के शब्द हैं प्रियंका का हिमाचल दौरा हुआ रद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोलन में आज होने वाली चुनावी रैली पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सोलन के ठोडो मैदान में आज गरजेंगे मोदी अमर उजाला का शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी आज सोलन में भरेंगे हुंकार आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है कांग्रेस की एकजुटता से भाजपा परेशान देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी की अपील को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है हर नागरिक करे मताधिकार का प्रयोग